राष्ट्रपति दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी पच्चीस और छब्बीस जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे वे बस्तर और दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे

वे इस मौके पर वहां विभिन्न स्वसहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ग्राम जवांगा में किसानों से भी बातचीत करेंगे और कृषि प्रक्षेत्र का भ्रमण करेंगे इसके बाद वे हीरानार में ही संचालित हो रहे वनवासी कल्याण आश्रम जाएंगे यहां वे आश्रम के बच्चों द्वारा तीरंदाजी का प्रदर्शन देखेंगे राष्ट्रपति आश्रम में संचालित हो रही वैदिक गणित की कक्षा का अवलोकन करेंगे और आश्रम के बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे श्री कोविंद इसके बाद जावंगा के एजुकेशन सिटी पहुंचेंगे और वहां विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लेंगे राष्ट्रपति यहां दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित किये जा रहे केन्द्र सक्षम का अवलोकन करेंगे इसके बाद श्री कोविंद दंतेवाड़ा के युवा बीपीओ सेंटर का उदघाटन करेंगे राष्ट्रपति अगले दिन यानि छब्बीस जुलाई को जगदलपुर के डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगें इसके बाद राष्ट्रपति इसी दिन जगदलपुर से लौटकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे इसके लिए बस्तर जिले के कोलचूर गांव और दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव का चयन किया गया है योजना के हितग्राहियों से गांवों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की व्यवस्था की जाएगी कोलचूर और जावंगा गांव के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत होगी अन्य जिला मुख्यालयों में योजना के हितग्राही एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे संसद मानसून सत्र संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है अविश्वास प्रस्ताव पर बीस जुलाई को चर्चा होगी इसके लिए सात घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इसी दिन इस पर मतदान करा लिया जाएगा उन्होंने आंध्रप्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के पांच और कर्नाटक से तीन लोकसभा सदस्यों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं पेंशन प्रणाली शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में सुदीर्घ शासकीय सेवा के बाद रिटायर होने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए ऑन लाइन पेंशन मेनेजमेंट प्रणाली आभार आपकी सेवाओं का का शुभारंभ किया साथ ही उन्होंने इस प्रणाली से संबंधित एक मोबाइल एप्प का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि एक जनवरी दो हजार सोलह के पहले सेवानिव्रत्त हुए कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप उनकी मूल पेंशन का ढाई गुना पेंशन और परिवार पेंशन का लाभ एक अप्रैल दो हजार अट्ठारह से दिया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार के बजट से लगभग पांच सौ करोड़ रूपए व्यय होंगे उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी की सीमा दस लाख रूपए से बढ़ाकर बीस लाख रूपए कर दी गई है मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन भर शासन को अपनी सेवाएं देने वाले पेंशनधारी मान सम्मान के हकदार हैं उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हो रही ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम पेंशनरों की सेवाओं के प्रति राज्य सरकार के आभार का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का त्वरित और सरलीकृत रूप से समाधान हो सकेगा और पेंशनरों को पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों की शिकायतों के निराकरण के लिए इस प्रणाली में ऑन लाइन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सुविधा भी उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पेंशन भूगतान आदेश और शॉल प्रदान कर सम्मानित किया

आज सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में पांच लाख रूपए की एक इनामी महिला माओवादी को पुलिस ने मार गिराया महिला माओवादी का नाम जरीना पोटाई है और यह मोहला औंधी एरिया कमेटी की सदस्य थी मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह जिले के कोहका थाना क्षेत्र के कोंडाल पहाड़ी में जिला पुलिस बल डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों का एक दल सर्चिंग पर निकला था इस दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इसमें एक महिला माओवादी मारी गई इस माओवादी के ऊपर पांच लाख रूपए का इनाम घोषित था पुलिस के अनुसार यह महिला बस्तर के बीजापुर की रहने वाली थी और दो हजार पांच से मानपुर सब डिवीजन में सक्रिय थी पुलिस ने घटनास्थल से बारह बोर की एक बंद्रक और टेंट सहित भारी मात्रा में माओवादी सामान बरामद किया है वहीं पुलिस को मिली इस सफलता के लिए दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने जवानों को बधाई देते हुए यह घोषणा की है कि इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को गारंटी मेडल पदोन्नति और नगद ईनाम से पुरस्कृत किया जाएगा हाथी आतंक कोरिया जिले में एक बार फिर से हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है बीती रात हाथियों ने जिले के कॉलरी इलाके के मलमा दफाई क्षेत्र में कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया जिससे लोगों को पूरी रात बाहर खुले में बितानी पड़ी हाथियों के आतंक से गांव वाले डरे हुए हैं मिली जानकारी के अनुसार कल छह हाथियों का दल कोरिया कॉलरी में जंगलों से भोजन की तलाश में घुस आया था इस दौरान हाथियों ने करीब चार पांच घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया वन विभाग के मृताबिक हाथियों का दल जिले के गेल्हापानी इलाके में मौजूद है जहां से वन अमला उन्हें जंगल की ओर खदेड़ रहा है ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें गौरतलब है कि पिछले क्छ दिनों से दो हाथियों का दल कोरिया जिले में मौजूद है हाथियों के एक दल में ग्यारह और दूसरे में छह हाथी हैं अब तक इन हाथियों के दल ने बीस से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है

कंपनी ने इस संबंध में सभी कर्मचारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद जीवीके कंपनी के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई करने श्रम उपायुक्त से अपील की थी जिस पर निर्णय लेते हुए श्रम उपायुक्त ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया के रामचंद्र सिंहदेव स्वास्थ्य राज्य के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव को तबीयत बिगड़ जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है श्री सिंह पिछले क्छ दिनों से रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे बताया जा रहा है कि कल से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है कोरिया के पूर्व राजघराने के डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव अविभाजित मध्यप्रदेश में उन्नीस सौ सड़सढ़ में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री रह चुके हैं

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद श्री सिंहदेव राज्य के पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं फसल बीमा रथ कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज अपने रायपूर स्थित आवास से किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रथ प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व समझाने और खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा रथ में सवार कलाकार किसानों को गीत नृत्य और नुक्कड़ नाटक के जरिए योजना का महत्व बताएंगे रथ के साथ छोटे छोटे वाहनों से प्रचार साहित्य का वितरण भी किया जाएगा

बैठक में उत्तरप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष ओपी वाजपेयी शामिल होंगे

साथ ही तस्करी कर रहे सात लोगों को भी गिरफ्तार किया है सभी आरोपी मध्यप्रदेश के सागर जिले के खिमलासा और पथरिया के है